इसके असर से भारी वर्षा हो रहि है और एक सौ पचहत्तर से दो सौ किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं ओडिशा में कई दशओं का यह सबसे भीषण त्रफान है पुरी खुर्द गंजाम और गजपति सहित अनेक तटवर्ती जिलों मे कल रात से तेज तूफानी हवाएं चल रही हैं समूचे तटवर्ती क्षेत्र में भारी वर्षा होने से पुरी शहर और आसपास के इलाकों में पानी भर गया है भुवनेश्वर के मौसम कार्यालय के अनुसार यह भीषण चक्रवाती तुफान आज शाम तक कमजोर पड़कर भारी तूफान में बदल जाएगा राज्य के विभिन्न इलाकों में कम से कम पांच लोग मारे गए हैं तीन व्यक्तियों की मृत्यु पुरी जिले में बारिश से जुड़ी घटनाओं में हो गई और एक महिला की मृत्यू नायागढ़ जिले में हुई सत्तर वर्षीय एक महिला केंद्रपाड़ा जिले के राजनगर खंड में मारी गई उसकी मृत्यु का कारण अभी पता नही चला है राज्य सरकार ने तेरह जिलों के करीब ग्यारह लाख़ लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है और उनके लिए चार हजार दो सौ शिविर लगाए हैं भारतीय तटरक्षक गार्ड और नौसेना ने राहत और बचाव कार्य के लिए जहाज और हेलीकॉप्टर तैनात कर दिए हैं तीनों राज्यों मे सेना और वायुसेना की यूनितों से भी तैयार रहने को कहा गया है

राज्यपाल ने अरुणाचल प्रदेश में हाईड्रोपावर की क्षमताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि जर्मन सरकार भारत जर्मनी ऊर्जा संधि की तर्ज पर राज्य के साथ बेहतर तरीके से सहयोग कर सकती है

इसका मुख्य उद्देश्य किसी भी आपात स्थिति में सेना की तैयारियों की समीक्षा करना और भविष्य के लिए रणनीति तैयार करना है

उन्होंने कहा कि इस बार केंद्रीय विद्यालय का परिणाम बेहतर हुआ है

सीबीएसई के कक्षा बारह की परीक्षा में पहला दूसरा और तिसरा स्थान पाने वाली बालिकाओं ने अपनी पढ़ाई के बारे में जानकारी दी

आज ईटानगर में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बहुत से मतदाता अपने गांव में काम को छोड़ कर पड़े हुए है और मतदान पूरा होने से वे अपने कामों में लग सकेंगे

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर उन्नीस सौ तिरानवें में यूनेस्कों सम्मेलन की सिफारिश पर यह दिवस मनाये जाने की घोषणा क थी